राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में श्री बघेल को अब से कुछ देर पहले पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई

पूर्व में यह शपथ ग्रहण समारोह साईस कॉलेज मैदान में आयोजित किया गया था लेकिन बारिश की वजह से आयोजन स्थल को बदलना पड़ा और बाद में यह समारोह इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया मंच का संचालन प्रदेश के मुख्य सचिव अजय सिंह ने किया शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पुदुचेरी के मुख्यमंत्री नारायण सामी के अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रमुख रूप से शामिल हुए इसके अलावा कांग्रेस और यूपीए घटक दलों के जो प्रमुख नेता इस मौके पर उपस्थित थे उनमें शामिल हैं शरद पवार शरद यादव फारूख अब्दुल्ला मोतीलाल वोरा आनंद शर्मा मल्लिकार्जुन खड़गे ज्योतिरादित्य सिंधिया मोहसिना किदवई नवजोत सिंह सिद्धू और राज बब्बर

माना के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर उनकी अग्वाई करने के लिए खुद भूपेश बघेल पहुंचे थे उनके साथ प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद थे

ये सभी नेता एक विशेष बस में सवार होकर सीधे इंडोर स्टेडियम पहुंचे

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने आज राजस्थान के मुख्यमंत्री और सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जयपुर में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल कल्याण सिंह ने दोनों नेताओं को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार राजस्थान की कमान संभाली है श्री गहलोत तीन बार केंद्रीय मंत्री और तीन बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई कमलनाथ ने अकेले ही शपथ ली मंत्रिमंडल के बाकी सदस्यों को पार्टी नेतृत्व से परामर्श के बाद शपथ दिलाई जाएगी शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एचडी दैवेगोडा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कांग्रेस और इसके सहयोगी दलों के कई वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे कोरबा खदान हादसा कोरबा जिले के बगदेवा भूमिगत खदान में कल शाम जहरीली गैस का रिसाव होने से तीन कर्मचारियों की मौत हो गई हादसा उस समय हुआ जब करीब पंद्रह कर्मचारी करीब दो साल पहले बंद हो चुकी खदान के एक हिस्से को चालू हिस्से से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे

मौसम बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात पेथाई का असर छत्तीसगढ़ में भी पड़ा है और कल से लगभग पूरे राज्य में बारिश हो रही है जिससे तापमान काफी गिर गया है कई स्थानों में शीतलहर जैसी स्थिति निर्मित हो गई है तापमान में एकदम से गिरावट आने के कारण सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो गई है राजधानी रायपुर में देर रात से रूक रूककर बारिश हो रही है जिसके कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है

कई स्थानों में धान खरीदी केंद्रों में खुले में रखे धान के भीगने की खबर है खराब मौसम के कारण महासमुंद जिले सहित कई अन्य जिलों के खरीदी केंद्रों में धान खरीदी बंद कर दी गई है कई किसानों के खेत में फसल खुले आसमान के नीचे रखी हुई है जिसके भीगने की आशंका जताई जा रही है कई समितियों में धान उठाव नहीं होने और परिवहन के अभाव में ख्ले में धान रखा हुआ है आशंका जताई जा रही है कि धान में नमी आने की वजह से तौल में भी अंतर आ सकता है वहीं चना अरहर और तिवरा के अलावा सब्जियों की फसल को भी इस बेमोसम बारिश से काफी नुकसान पहुंचा है उद्यानिकी फसल बीमा इस बीच रायपुर जिले में उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले किसान अपनी फसल का बीमा इकतीस दिसंबर तक करा सकते हैं रबी मौसम में रायपुर जिले में छह उद्यानिकी फसलों को बीमा की श्रेणी में लाया गया है इनमें टमाटर बैगन फूलगोभी पत्तागोभी प्याज और आलू शामिल हैं उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले ऋणी और अऋणी दोनों प्रकार के किसान बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं

उनकी जन्मस्थली और तपोमूमि गिरौदपुरी में भी जयंती समारोह ध्रमधाम से मनाया जाएगा गुरु घासीदास जयंती समारोह के मौके पर आज प्रदेश में अनेक स्थानों पर शोभायात्राएं निकाली गईं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर प्रदेश की जनता को बधाई और शुभकामनाए दी हैं श्री बघेल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि गुरू बाबा घासीदास जी भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के अनमोल रत्नों में र्स थे जिन्होंने सत्य अहिंसा दया करूणा और परोपकार जैसे सर्वश्रेष्ठ मानवीय मूल्यों पर आधारित अपने महान जीवन दर्शन के जरिये देश और दुनिया को मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी उनके विचार आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गुरू बाबा घासीदास के बताए मार्ग पर चलकर नये छत्तीसगढ़ के निर्माण और विकास के लिए वचनबद्ध है संक्षिप्त समाचार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी स्वीकारते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक संकेत ठाकुर ने पद से इस्तीफा दे दिया है

बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने दो महिला सहित तीन माओवादियों को गिरफ्तार किया है सुरक्षा बलों ने आज गश्त के दौरान बासागुड़ा थाना क्षेत्र से इन माओवादियों को पकड़ा कोण्डागांव जिले के दहीकोंगा में आज गैस से भरे टैंकर और ट्रक के बीच हुई टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई

वन विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दी है राष्ट्रीय शालेय बालक अंडर सेवन्टीन खो खो चैंपियनशिप आज से नारायणपुर में शुरू हो गई है उद्घाटन मौके पर विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए